कन्द्र सरकार ने उत्तराखंड में बहुउद्देशीय लखवार परियोजना के निर्माण के लिए ऊपरी यमुना घाटी के छह राज्यों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं

गंगा पुनरूद्वार मंत्री नितिन गडकरी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगभग चार हजार करोड़ रूपये की इस परियोजना के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं राज्यों के बीच में आज जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है ये हमारे छह राज्यों के लिए बहुत उपयोगी है उसकी कीमत चार हजार करोड़ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई इन पांच महीने में यमुना में पानी नहीं रहेगा और विशेष रूप से पीने के लिए दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान यहां काफी पानी की दिक्कत है ऐसे समय हम लोग इसका उपयोग सबसे बड़े प्रमाण पर होगा लखवार परियोजना उत्तराखंड में यमुना नदी पर दो सौ चार मीटर ऊंचे कंकरीट के बांध निर्माण की परियोजना है

परियोजना की कुल लागत में बिजली घटक का खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी

इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन उचित तरीके से इसके संरक्षण की जरूरत है उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह ग्यारह बजे शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दला ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है

उन्होंने कहा कि सरकार अपराध रोकने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर पूरे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया विधानसभा में आज केरल में आई बाढ़ के पीड़ितों को राहत देने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक माह का अपना वेतन देने और विधायक निधि से पांच लाख रूपये दिये जाने की घोषणा की इस प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य सहमत थे उधर विधान परिषद में आज एक अवमानना का मुद्दा उठाया गया जिसमें सभी दल के सदस्यों ने पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक को सदन में तलब किये जाने की मांग की सभापति रमेश यादव ने अवमानना के मामले में पीलीभीत जिले के पुलिस अधीक्षक को कल सदन में तलब किया है समाजवादी पार्टी के सदस्य शतरूद्र प्रकाश ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर यह मामला उठाया इससे पहले सदन में अलग अलग मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडोनेशिया में चल रहे एशियाई खेलों में कल तीन हजार मीटर स्टीपल्चेज स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर रायबरेली जनपद की सुधा सिंह को हार्दिक बधाई देते हुए राज्य सरकार की ओर से तीस लाख रूपये के प्रस्कार की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने सुधा सिंह को राज्य सरकार में राजपत्रित अधिकारी के पद पर नौकरी दिये जाने की घोषणा भी की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

विशेष न्यायाधीश बबीता रानी ने आतंकी गुट हूजी के इन आतंकवादियों पर छह छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है

इस मामले की प्ररी सुनवाई लखनऊ जिला जेल में चली

अब छह सितम्बर तक प्रति छात्र छात्रा से सौ रूपये विलम्ब शुल्क लेकर प्रधानाचार्य आवेदन करा सकेंगे बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी प्रदेश के मेरठ बुन्देलखंड पीलीभीत और मिर्जापुर सहित विभिन्न जिलों में हो रहो बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है पीलीभीत जिले में तेज बारिश से शारदा नदी उफान पर है सौ से अधिक गांव पानी से धिर गये हैं और फसलें जलमग्न हो गई हैं जिले में बीसलपुर बरेली मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के ठीक न होने से आवागमन बंद है

पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया है जिससे इलाहाबाद गोरखपुर मार्ग और सुजानगंज बदलापुर मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हो गया है मिर्जापुर जिले में गंगा नदी क जलस्तर में वृद्धि हो रही है इसकी वजह से निचले क्षेत्रों में पानी का दबाव बढ़ने लगा है लोग अपने मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं

जिला प्रशासन ने गंगा के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए नदी में नाव चलाने स्नान करने और मछलियां पकड़ने पर रोक लगा दी है केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार रामगंगा नदी मुरादाबाद और शाहजहांपुर में घाघरा नदी अयोध्या में शारदा नदी लखीमपुर खीरी में बढ़ रही है मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है राज्य ललितकला अकादमी द्वारा कुंभ मेले में अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा इस बार कुंभ पर आधारित चित्र रेखांकन ग्राफिक्स और मूर्ति विषयक प्रदर्शनी लगाई जायेंगी प्रदर्शनी में भाग लेने वाले श्रेष्ठ कलाकृतियों में से दस कलाकारों को पुरस्कृत किया जायेगा प्रत्येक कलाकार को पचास हजार रूपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जायेगी इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कलाकार तीस सितम्बर तक आवेदन कर सकते हैं इसके लिए कलाकारों को पांच सौ रूपये प्रवेश शुल्क अधिकतम तीन कृतियों के लिए देना होगा राज्य सरकार ने आम जनता को निःशुल्क शव वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में एक नया शव वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है